इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए वन स्वीकृति उनके केन्द्रीय व पर्यावरण मंत्री रहते दे दी गई थी उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से क्षेत्र के विकास में नए आयाम स्थापित होने के अलावा युवाओं को गुणात्मक उच्च शिक्षा प्राप्त होगी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर का कार्य जल्द पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थान स्वीकृत किए हैं जिनमें मण्डी में कलस्टर विश्वविद्यालय और ऊना व मण्डी में आईआईआईटी शामिल हैं

हिमस्खलन किन्नौर किन्नौर जिले में नमज्ञा डोगरी नाला में कल हिमखंड गिरने से भारतीय सेना के छह जवान इसकी चपेट में आ गए थे

कल बर्फ से निकाले गए एक जवान की कल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी इनकी पहचान बिलासपुर जिले के झण्ड्रता के हवलदार राकेश कुमार के रूप में की गई है ये सभी जवान जेके राईफल्स के हैं जो अपनी पोस्ट के नज़दीक ही पैट्रोलिंग डयूटी पर थे खराब मौसम के चलते जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतुक गांव नही भेजा जा सका है उपायुक्त गोपाल चन्द के मुताबिक इलाके में बर्फबारी के चलते और आज सुबह इसी स्थान पर एक और हिमखण्ड गिरने से बर्फ में दबे जवानों को निकालने का तलाशी अभियान बाधित हुआ

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के जवान की मृत्यू पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेना के जवानों को तीव्र राहत व पुर्नस्थापन कार्य के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाएगी महेन्द्र सिंह सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पांच करोड़ रूपए से अधिक की लागत से बनने वाली उठाउ पेजयल योजना बाडू रोहाड़ा चरखड़ी का शिलान्यास किया

इस मौके सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा हर सम्भव सहायता दी जा रही है

मौसम जनजातीय क्षेत्रों में कल से रूक रूक कर बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है लाहौल स्पिति जिले में भारी हिमपात के चलते सड़क बिजली व संचार सेवाएं बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

केलंग के एसडीएम सुभाष गौतम ने घाटी के लोगों को हिमखण्ड गिरने के दृष्टिगत लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है क्ल्लू जिले में खराब मौसम को देखते हए प्रशासन ने कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण अवरूद्व हो गया है सैंज में पागल नाला में एक जीप भी बाढ़ की चपेट में आई है मगर इसमें किसी भी जानी नुकसान का समाचार नही है उपायुक्त युनूस ने आगामी तीन दिन तक खराब मौसम की चेतावनी को देखते हए ऊंचाई वाले क्षेत्रों और नदी नालों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है चम्बा प्रतिनिधि के अनुसार जिला के उपरी इलाकों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में पिछले दो दिन से भारी बारिश के चलते कई मुख्य मार्गों सहित सम्पर्क मार्ग अवरूद्व हैं जिससे स्कूली बच्चे सालाना प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए चम्बा नहीं पहंच पाए

चम्बा तिस्सा मार्ग गत्तीघार के पास पहाड़ी से पत्थर आने पर अवरूद्व हो गया है पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि भारी हिमपात से कल रात फिंडपार नाले में ग्लेशियर आने से पारला फिंडपार गांव के लिए पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया है

किन्नौर जिले में भी रूक रूक कर हिमपात का क्रम जारी है